आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है

इस दिन देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है नरेन्द्र मोदी सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और बालिकाओं का अनुपात कम होने के मुद्दे पर काफी ध्यान दिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लडकियों के सशक्तिकरण उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तथा लैंगिक भेद को समाप्त करने की दिशा में बहुत से कदम उठाए हैं श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का दिवस भी है इधर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देश की सभी बेटियों को श्भकामनाएं दी हैं अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बेटियां हमारे परिवार समाज और देश का गौरव हैं उन्होंने कहा कि आज लडकियां देश की रक्षा सहित जीवन के हर मोर्चे पर सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं श्री सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान से नये भारत की बुनियाद मजबूत हो रही है

इस मौके पर बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी अमरेंद्र प्रकाश ने स्वस्थ रहने की शपथ दिलाई इसके अलावा एक्टिव बोकारो हेल्दी बोकारो के तहत एक साल तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर भी जारी किया गया हमारे संवाददाता ने बताया कि सेलकर्मियों उपायुक्त राजेश कुमार सिंह डीआईजी प्रभात कुमार और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने चार किलोमीटर दौड़ लगाकर एक्टिव बोकारो हेल्दी बोकारो नामक कार्यक्रम की शुरुआत की

इस दिवस का उद्देश्य मतदाताओं विशेषकर नये मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में उनको नामांकन के लिए प्रेरित करना है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जागरूक बनाना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देशभर के मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाई जायेगी और चुनाव प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा

जिले के उच्च विद्यालय बरहेट में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की ओर से किया गया है इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और सासंद विजय कुमार हांसदा भी उपस्थित रहेंगे

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के बावजूद नौ दिन से चल रहा यह महोत्सव काफी सफल रहा हिंदी फिल्मों की जानीमानी अभिनेत्री जीनत अमान समापन समारोह की मुख्य अतिथि होंगी इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो भी मौजूद रहेंगे

विभागीय सचिव राहल शर्मा ने इस संबंध में सभी प्रमण्डल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर क्लियर कर तीस जनवरी तक विभाग को जानकारी दें शिक्षा कार्यालयों में वर्ष उन्नीस सौ छियासी के बाद कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई है कार्यालय और विद्यालय में वर्तमान में अनुकम्पा के आधार पर ही तृतीय वर्ग में कर्मियों की नियुक्ति की जाती थी

यह योजना उन राज्यों में शुरू की गई है जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए सरकार ने उनके लिए आयुष्मान भारत सीएपीएफ योजना की शुरूआत की है उन्होंने कहा कि कैशलेस आयुष्मान भारत योजना ने लोगों की जिदगी में बदलाव लाया है गृहमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सुरक्षाकर्मी अपने परिवारों के साथ एक साल में कम से कम एक सौ दिन ग़जार सकें उन्होंने कहा कि ग़ह मंत्रालय सुरक्षाबलों की कार्य स्थिति बेहतर बनाने का उपाय कर रहा है

राष्ट्रीय यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य के चार जिलों रांची पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में रोग प्रतिरोधक दवा दी जाएगी नामकोम आरसीएच परिसर में लैटेंट टीबी इंफेक्शन मैनेजमेंट की स्टेट टेक्निकल कमिटी की पहली बैठक में कल यह निर्णय लिया गया कि गैर प्रसारी रोग सेल और राष्ट्रीय यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से एक्टिव केश फाइंडिंग अभियान राज्य के सभी जिलों में फरवरी से चलाया जाएगा और चिन्हित लोगों की पहचान कर उनका इलाज कराया जाएगा बाद में राज्य के सभी चौबीस जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा इसके साथ ही टीबी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा

एक ट्वीट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि हम एक साथ मिलकर और एक दूसरे से सूचनाये साझा कर इस वायरस को रोक सकते हैं और लोगों के जीवन तथा आजीविका को बचा सकते हैं भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र तथा ब्राजील और मोरक्को जैसे अन्य देशों में वैक्सीन भेज रहा है दक्षिण अफ्रीका को भी जल्द ही वैक्सीन भेजी जाएगी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का यह ट्वीट वैक्सीन के लिए भारत को धन्यवाद देने के ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोलसोनारो के ट्वीट के बाद आया श्री बोलसोनारो ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से लड़ने में भारत जैसे महान भागीदार देश के साथ काम करना सम्मान की बात है

टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या लगभग नगण्य है श्री अगनानी ने कहा कि अब तक छह लोगों की मौत की रिपोर्ट हैं और इनमें से कोई भी मौत टीकाकरण की लापरवाही से जुड़ी नहीं है उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुख डॉक्टर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और उन्हें टीके लगे हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है

कोरोना से अब तक राज्य में एक हजार साठ लोगों की मौत हो चुकी है

यहां सोमवार से वैक्सीनेशन शुरू होना था लेकिन तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया गया है जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉ विकास राणा ने बताया कि कल देर शाम मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद एसएनएमएमसीएच में टीकाकरण शुरू नहीं किया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैक्सीनेशन के लिए पीजी ब्लॉक में सेंटर बनाया गया है

मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हो सकती है